हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि झज्जर जिले के छूछकवास वाइपास के निर्माण में ई पोर्टल के माध्यम से चौहतर प्रतिशत लोगों ने ज़मीन देन की सहमति दी

हरियाणा विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में कुल पचासी बैठके हई जो कि एक रिकार्ड है

राज्य सभा ने पहले ही कल ये विधेयक पास कर दिया है इस प्रस्ताव और विधेयक पर बोलते हये केन्द्रीय ग़हमंत्री अमितशाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जिसमें पाक अधिकृत कशमीर भी शामिल है उन्होने कहा कि ये प्रस्ताव और विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि जम्मु कश्मीर हमेशा के लिये भारत का हिस्सा रहेगा उन्होंने आरोपो को रद्द किया यह एक राजनीतिक चाल है

कांग्री नेता मनीष तिवारी ने चर्चा में भाग लेते हये केन्द्र सरकार के ये विधेयक पेश करने के तरीके पर सवाल उठाया केन्द्रय मंत्री डा जीतेन्द्र सिंह ने सरकार की इस कार्रवाई की प्रंशसा करते हये इसको ऐतिहासिक कदम बताया

श्री धनखड़ ने सदन को बताया कि कृषि सिंचाई के लिए प्रयोग हो रहे कच्चे नालों की रिमॉडलिंग व रिपेयर का कार्य सरकार अपने फंड से करती है लेकिन भाखड़ा कैनाल कमांड के अंतर्गत आने वाले कच्चे नालो का मुरम्मत कार्य केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही किया जाता है

कृषि मंत्री ने यह जानकारी छतीस विधायक जगबीर सिह महिल के गैर ताराकृत प्रश्न के उत्तर मे दी उन्होंने बताया कि बाकी के आवेदन स्थानीय आपदाओं की श्रेणी में न आने के कारण अस्वीकृत कर दिये गये है

एक पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि क्योंकि भूमि अधिग्रहण अति महत्व वाली परियोजनाओं के लिए ही किया जाता है अतः म्ख्यमंत्री ने इस व्यवस्था को स्धारने के लिए ई भूमि पोर्टल आरम्भ किया है जिस पर भ्र मालिक अपनी जमीन की बिक्री के लिए जानकारी डाल सकें सरकार उस क्षेत्र में आवश्कता अन्सार क्लेक्टर रेट पर भूमि की खरीद करती है

अग्रोहा से गांव सिवानी बोलान तक की क्षतिग्रस्त सडक़ की म्रम्मत का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है या नहीं पर राव नरबीर ने सदन को बताया कि इस सडक़ की मुरम्मत की आवश्यकता नहीं है जबकि अग्रोहा से बरवाला सडक़ पर गांव दौलतप्र में क्षतिग्रस्त सडक़ की म्रम्मत का कार्य अगले वर्ष फरवरी तक पूरा हो जाएगा क्लेरी सिवानी बोलान सडक़ मार्ग के म्रम्मत कार्य में घटिया सामग्री के प्रयोग बारे एक प्रक प्रश्न के उत्तर में राव नरबीर ने कहा कि सडक़ निर्माण में घटिया सामग्री की जांच के लिए एक विशेष तकनीकि सलाहकार निय्क्ति किया गया है जो सडक़ निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायतों पर वह नमूने लेकर उसे आईआईटी रूडक़ी या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रयोगशालाओं में जांच के लिएभेजता हैं और वहां सही जाने पर ही ठेकेदार की अदायगी की जाती है

उन के अन्सार राज्य राजकोषीय स्धार की ओर बढ़ रहा है

मुख्यमंत्री आज विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी विधायकों दवारा अपने विचार रखने के बाद बोल रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब उदयोगों से मुख्य लाभ रोज़गार मिलने की ही है इसलिये उदयोगों को एबी वर्ग में सबसिडी ए हो गई है जिसके बदले में वे हरियाणा के लोगों को रोज़गार देंगे म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया है और राहगिरी व मैराथन दवारा जागजागरण का काम कियाहै नशा मुक्ति और नशे के आपार को रोकने के लिए उत्तरी राज्यों के साथ तालमेल किया गया है

हमारे संवादाता ने बताया कि विधानसभा का सत्र अनिश्चित कालील के लिए स्थगित हो गई आज विधानसभा में रघ्बीर कादियान ने म्ख्यमंत्री के जवाब के समय कांग्रेस के समय के अन्सार भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र होने पर वाकआउट किया बाद में एसवाईएल मामले पर अभय सिंह ओम प्रकश और वेद नारंग ने भी वाकआउट किया